केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास का लिया जायजा कहा पूरे देश में लोगों को मुफ्त में लगाया जायेगा कोरोना का टीका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

मास्क पहनें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 हाथ और मुंह सॉफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आज के स्टार्टअप्स ही कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं श्री मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से ओडिसा में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम संबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला रखने के अवसर पर यह बात कही प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें बदलते वक्त के अनुसार न केवल उसके साथ बल्कि उससे भी तेज गति से चलना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड संकट के दौरान चुनौती को अवसर में बदलते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रबंधन क्षेत्र से जुडे लोगों को अग्रणी भूमिका निभानी होगी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है

श्री जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री एक दूरदर्शी नेता है और देश के विकास को लेकर उनकी एक निश्चित सोच है देश में कोविड का टीका मुफ्त मिलेगा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोविड का टीका सभी को निशुल्क लगाया जाएगा स्वास्थ्य मंत्री आज कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास का जायजा लेने के लिए दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की कि वे टीके की सुरक्षा और उसके प्रभाव के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों से गुमराह ना हों

उन्होंने कहा कि आम लोगों में पोलियो टीकाकरण के दौरान भी हिचक देखी गई थी लेकिन बाद में यह अभियान बहुत सफल रहा डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आज राष्ट्रव्यापी टीकाकरण पूर्वाभ्यास चार राज्यों में किए गए पूर्वाभ्यासों से मिले फीडबैक के आधार पर चलाया जा रहा है उन्होंने ने कहा कि टीके लगाए जाने के लिए करीब दो हजार लोगों को प्रशिक्षित किया गया है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी टीकाकरण के लिए बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मियों को तैयार किया गया है

कोविड कार्यबल के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने बताया कि पूर्वाभ्यास यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि टीकाकरण की पूरी तैयारियों की जांच पडताल की जा सके राष्ट्रव्यापी स्तर पर आज चलाए जा रहे कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में यह अभियान सदर अस्पतालों में चलाया गया

इस दौरान प्री वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन के बाद की इमरजेंसी के हालात का रिहर्सल हुआ ड्राई रन के दौरान रांची सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय बिहारी प्रसाद राज्य टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर अजीत कुमार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनूप रजक ने पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए रखा इस प्रक्रिया के दौरान रांची के उपायुक्त छवि रंजन भी सदर अस्पताल पहुंचे और पूरी प्रक्रिया का जायजा लिया वहीं पाकुड़ और चतरा जिले में भी कोरोना वेक्सिनेशन का ड्राय रन सफलतापूर्वक संम्पन हुआ

केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मिलकर जांच सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को काफी विकसित किया है

देश में कोविड रोगियों की संख्या लगातार कम हो रही है आज यह और घटकर केवल दो दशमलव चार तीन प्रतिशत रह गई कल कोविड मरीजों में चार हजार की कमी आई

केंद्र सरकार ने सभी सेवारत कर्मचारियों को दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया है यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार हो जाता है और उसकी सेवाएँ दिव्यांग होने के बाद भी बरकरार रखी जाती हैं तो उन्हें दिव्यांगता क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जाएगा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री श्री जितेन्द्र सिंह ने कल यह घोषणा की पश्चिमी सिंहभूम जिले में विशेष केंद्रीय सहायता के तहत शिक्षा स्वास्थ्य एवं पोषण कृषि एवं जल संसाधन तथा कौशल विकास क्षेत्र की नई योजनाओं के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है

राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि बूटा सिंह के निधन से देश ने एक ऐसा उत्कृष्ट प्रशासनिक अनुभव वाला व्यक्ति खो दिया है जिसने सबसे लंबे समय तक सांसद के रूप में अपनी सेवाए दीं प्रधानमंत्री ने अपने टवीट संदेश में कहा कि बूटा सिंह एक कुशल प्रशासक थे जो गरीबों और वंचित लोगों की बेहतरी के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे

वह पिछले साल अक्तूबर से ही कोमा में थे

नववर्ष के प्रथम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम में कोडरमा जिले के उपायुक्त रमेश घोलप और झुमरी तिलैया नगर परिषद के नगर प्रशासक कौशलेश कुमार यादव को ऑनलाइन सम्मानित किया राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित संग्रहालय पांच जनवरी से फिर खुल जाएगा

सोमवार और सरकारी छुट्टियों को छोड़कर ये संग्रहालय प्रतिदिन खुलेगा दर्शक इसे देखने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं उपराजधानी दुमका में नये साल के आगमन के साथ ही ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिली है मौसम पूरी तरह खुशनुमा है और लोग जाड़े की गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे हैं

जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने आज बताया कि इनके पास से बंद्रक कारतूस मोबाइल टावर की बैटरियां और आधा दर्जन मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं

पुलिस ने लातेहार जिले से एक महिला उग्रवादी समेत दो को गिरफ्तार किया है जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने आज बताया कि इनकी गिरफ्तारी सदर थाना क्षेत्र के चटनाही गांव से की गई है इनके पास से पुलिस ने नेपाली रुपये मोबाइल फोन आधार और वोटर कार्ड समेत अन्य सामान बरामद किया है ग्मला जिले के भरनो परवल मार्ग पर पडकीटोली गांव के समीप आज एक सड़क द्र्घटना में तीन युवकों की मौत हो गयी पुलिस ने बताया कि एक तेज रफ्तार मोटरसाइकल पर तीन युवक सवार थे जिनकी सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर से टक्कर हो गयी हादसे के बाद घटनास्थल पर ही तीनों की मौत हो गयी पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र स्थित कुंडलीपुर गांव में एक नक्सली ने एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने नक्सली और उसकी पत्नी को पीट पीट कर मार डाला जिले के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि इस पूरी घटना के पीछे जमीन विवाद का कारण सामने आया है